प्रदेश में कोरोना का कहर जारी

पटना में सोलह समेत पूरे राज्य में पैंतालीस संक्रमितों की हई मौत

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाना जरूरी है उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रभावित बारह राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और इसकी अनुमानित मांग की विस्तृत समीक्षा की बैठक में बताया गया कि ज्यादा संक्रमण वाले बारह राज्यों को चार हजार आठ सौ अस्सी मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आवंटित की जा चुकी है इसके अलावा इन राज्यों को बारह हजार दो सौ बारह मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की राज्य के अंदर और अंतर राज्य आवाजाही को सुनिश्चित बनाए और इसमें किसी प्रकारकी रूकावट न आने दे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय क्मार भल्ला ने कहा है कि वे चिकित्सा ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा सामग्री के वितरण के लिए तैयार योजना पर पूरी तरह अमल करे श्री भल्ला ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे ऑक्सीजन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को केवल अपने ही राज्य के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बाध्य न करे राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण से जुड़ी समस्याएं एक दो दिनों में दूर हो जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली सभी चौदह कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है श्री प्रत्यय ने कहा कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिये गये हैं इधर पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत और आपूर्ति की जांच की जायेगी इसके साथ ही इसकी निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किये जायेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है

देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकरणों और औषध नियंत्रकों से रेमडेसिविर की कालाबाजारी जमाखोरी और ज्यादा कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है

केंद्रीय रसायनिक और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है श्री गौड़ा ने रेमडेसिविर की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों पर आयोजित बैठक में कहा कि रेमडेसिविर का उत्पादन अट्ठाईस लाख ख्राक प्रति माह से बढ़कर इकतालीस लाख प्रति माह हो गया है उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिनों के दौरान छह लाख उनहत्तर हजार ख्राक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई है उन्होंने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप पर रेमेडेसिविर के निर्माताओं ने स्वेच्छा से इसका अधिकतम खुदरा मूल्य पांच हजार चार सौ रुपये से घटाकर तीन हजार पांच सौ रुपये से भी कम कर दिया है स्वदेश में विकसित कोवैक्सिन की वर्तमान उत्पादन क्षमता इस साल मई जून तक दोगुनी हो जाएगी और इसके जुलाई अगस्त तक लगभग छह से सात गुना बढ़ जाने की संभावना है सितंबर तक इसका उत्पादन लगभग दस करोड़ खुराक प्रति माह हो जाएगा कुछ हफ्ते पहले एक अंतर मंत्रालयीय टीम ने भारत में दो मुख्य वैक्सीन निर्माताओं के उत्पादन संयंत्रों का दौरा किया था टीम की अनुशंसा पर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को भी मदद की जा रही है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के छह हजार दो सौ तिरपन नये मामले सामने आये हैं एक दिन में यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है पटना में सबसे अधिक कल एक हजार तीन सौ चौंसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है जबकि पांच सौ नब्बे संक्रमितों की संख्या के साथ गया दूसरे स्थान पर रहा इसके अलावा मुजफ्फरपुर से तीन सौ तिरानवे भागलपुर से तीन सौ छियासी बेगूसराय से दो सौ संतावन सारण से दो सौ अड़तालीस औरंगाबाद से एक सौ बयासी और पूर्वी चंपारण से एक सौ चौवालीस नये मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में संक्रमण के नये मामले सामने आ रहे हैं पिछले चौबीस घंटों में पटना में सोलह समेत पूरे राज्य में पैंतालीस संक्रमितों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक लाख चार सौ चार कोरोना नमूनों की जांच हुई प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तैंतीस हजार चार सौ पैंसठ हो गयी है जबकि रिकवरी रेट घटकर अठासी दशमलव पांच सात फीसदी हो गयी है अब तक दो लाख बहत्तर हजार चार सौ तीन लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वहीं कल उनतालीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया प्रदेश में अब तक छप्पन लाख संतावन हजार नौ सौ तिरपन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आईसीएसई बोर्ड ने इस वर्ष दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा दसवीं के परीक्षार्थियों को यह छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दें या परीक्षा न देने का विकल्प चुनें इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस वर्ष होने वाली दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी थी जबकि बोर्ड की बारहवीं की परीक्षा स्थगित की गई है स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेन्द्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड उन्नीस पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए

बिहार में कोविड उन्नीस की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल फागू चौहान करेंगे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होने वाली इस बैठक में कोरोना की अद्यतन स्थिति और संक्रमण को रोकने की रणनीति पर विचार विमर्श होगा इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद संक्रमण के फैलाव को रोकने संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की घोषणा की जायेगी लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज छठव्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं पर्व के तीसरे कल दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा जबकि सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय अनुष्ठान सम्पन्न हो जायेगा कोरोना के बढ़ते संकट के बीच इस बार छठ व्रती अपने घरों में ही यह अनुष्ठान कर रहे हैं इधर चैत नवरात्र के पांचवें दिन मॉ द्र्गा के स्कंदमाता स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि मुम्बई सेंट्रल और समस्तीपुर के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का परिचालन अब सप्ताह में एक दिन के बदले चार दिन होगा उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के सभी कोच आरक्षित होंगे राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों के लिए सात सौ पचासी करोड़ रूपये निर्गत कर दिये हैं

तापमन बढ़ने से कुछ इलाकों में लू चलने की खबर है तो कुछ इलाकों में बारिश होने से लोगों ने राहत महसूस की है मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा कि निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान मध्य बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और ध्रल भरी आंधी चलने की संभावना है

हिन्दुस्तान ने कोरोना के कारण लगायी गयी बंदिशों को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जिम संग्रहालय व स्पोटर्स कॉपलेक्स पन्द्रह मई तक बंद दैनिक जागरण ने ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी खबर के संबंध में सरकार के दावें को शीर्षक बनाते हुए लिखा है ऑक्सीजन की समस्या एक से दो दिन में हो जायेगी दूर दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए शीर्षक लगाया है देश में इस बार सामान्य मॉनसून का अनुमान लेकिन बिहार में औसत से कम होगी बारिश प्रभात खबर की सुर्खी है गंगा पथ वे पर जुलाई अंत तक दौड़ने लगेंगे वाहन आज अखबार की सुर्खी है घरों में अदा हुई रमजान के पहले जुमे की नमाज राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है विधान सभा आज से पच्चीस अप्रैल तक बंद

प्रदेश में कोरोना का कहर जारी

पटना में सोलह समेत पूरे राज्य में पैंतालीस संक्रमितों की हुई मौत